आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने विश्व में शांति बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारतीय सैनिकों की सराहना की

आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्म सम्मान और संप्रभुता से समझौते की कीमत पर ऐसा हरगिज नहीं किया जाएगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी भारत संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं में सैनिक भेजने के मामले में सबसे अधिक योगदान देने वाले देशों में से एक है

श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सफलता की कहानी बन चुका है और सभी इस आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इस बार महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है जो विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सम्मेलन है

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों को लेकर व्यापक जागरूकता पैदा की है और इसके द्रूपयोग को रोकने में सराहनीय भूमिका निमाई है

रैली को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस महासचिव डॉ सी पी जोशी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने संबोधित किया इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ही किसानों के हितों को ध्यान में रखती है उन्होने कहा कि कांग्रेस ही सबको साथ लेकर चल सकती है

अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इसके साथ ही विद्यार्थियों ने सैनिकों के नाम पत्र लिखकर उन्हें नमन किया वहीं डूंगरपुर की गुमानपुरा ग्राम पंचायत में हुये पराक्रम पर्व कार्यक्रम में रिटायर्ड कर्नल रामानुजन शर्मा ने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में लोगों को जानकारी दी साथ ही भूतपूर्व सैनिकों ने भी अपने अनुभव सुनाये जयपुर में भी युद्ध विधवाओं और पूर्व सैनिकों ने आकाशवाणी के साथ अपने अनुभव साझा किये

आज विराटनगर तहसील की लुहाकना ग्राम पंचायत में एक कार्यक्रम को संबोंधित करते हुये कर्नल राठौड़ ने कहा कि केन्द्र सरकार सही दिशा में निर्णय करती है और निर्णायक लक्ष्यों को समय से पहले पूरा कर रही है उन्होने कहा कि महिलायें हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं

आग ने कैमिकल ड्रम्स को अपनी चपेट में ले लिया जिसके बाद शाहपुरा भिवाड़ी नीमराणा कोटपूतली ग्रासिम इंडस्ट्री जयपुर सांध्यापुर से भी दमकलों को बुलाया गया क्षेत्र के थानाधिकारी ने मौके पर पहुंच कर आसपास का इलाका खाली करा लिया है आग पर काबू पाने के प्रयास किये जा रहे हैं